इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है स्क्रलों और कॉलेजों के छात्रों के साथ संवाद कर उन्हें राष्ट्रवाद सकारत्मकता और जीवन का लक्ष्यों को तय करने को प्रोत्साहित करना राज्यपाल डॉ बी मिश्रा और शिक्षा विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा मिलकर इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है वेस्ट सियांग जिले के आलो में भी पे बेक ट्र सोसायटी कार्यशाला आयोजित किया गया सूचना एवं जनसंपर्क विभाग मंत्री बामांग फेलिक्स ने आज राजधानी स्थित दोरजी खांडू कन्वेंशन हॉल में पहली तीन दिवसीय अरुणाचल साहित्य समारोह दो हजार अटठारह की शुरुआत की श्री फेलिक्स ने कहा राज्य में टिचिंग एण्ड लर्निंग माहौल तैयार करने के प्रयास किये जा रहे है उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र से जुड़े लोगों के सहयोग और बढ़ावा के लिए सरकार द्वारा एक नीति तैयार किया गया है उन्होंने घोषणा की कि सरकार अगले वर्ष से अरुणाचल साहित्य समारोह को कैलेंडर कार्यक्रम में जोड़ा जायेगा आज शुरु हुआ यह कार्यक्रम तीस नवबंर को समाप्त होगा केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि पिछले डेढ़ महीने में आयुषमान भारत स्वास्थ्य योजना से तीन लाख गरीब लोगों को फायदा हुआ है

इसीलिए एनडीए सरकार व्यवस्था और गरीब दोनों की ही समर्थन है श्री जेटली ने कहा कि अगर देश को अगले एक या दो दशको में बाकी दुनिया की तुलना में तेजी से बढ़ना है तो ग्रामीण क्षेत्र की भागीदारी भी बढ़ानी होगी मेकिंग ऑफ न्यू इंडिया ट्रांसफॉरमेशन अंडर मोदी गर्वमेंट प्रस्तक में अर्थव्यवस्था से लेकर कूटनीति और शिक्षा से लेकर सार्वजनिक स्वास्थ्य तक के विषयों पर इक्यावन निबंश शामिल हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में श्री जेटली ने पुस्तक की पहली प्रति भेंट की इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि वर्तमान शासन ने सभी समावेशी विचारों के नए भारत को आकार और रुप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सितंबर में शुरु की गई आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजन आका लक्ष्य हर वर्ष प्रति परिवार पांच लाख रुपये का बीमा सुरक्षा प्रदान करना है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि लोगों में जागरुकता बढ़ाकर और पूर्व चेतावनी देने की आधुनिक प्रणाली के जरिये प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की आधी लड़ाई जीत ली जाएगी नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के स्थापना दिवस पर श्री रिजिजू ने कहा कि मानव गतिविधियों से पर्यावरन को काफी नुकसान हो रहा और जलवायु परिवर्तन तथा आपदाओं से निपटने की चुनौतियाँ बढ़ी हैं उन्होंने कहा कि विश्व समुदाय आपदा खतरों को कम करने में भारत की अनदेखी नहीं कर सकता क्योंकि वह आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में व्यापक योजनाओं पर काम कर रहा है राजधानी क्षेत्र जिला उपायुक्त प्रिंस धवन ने चाईल्डलाईन ईटानगर टीम से बच्चों से जुड़े समस्याओं पर आयोजित कानूनी जागरुकता कार्यक्रम आयोजित करने हेतु मासिक कैलेंडर कार्यक्रम बनाने और उनसे जुड़े समस्याएं इकत्र करने के लिए ड्रॉप बॉक्स इंस्टॉल करने का निर्देश दिया है बाल कल्याण सोसायटी और चाईल्डलाईन सलाहकार बोर्ड के साथ एक समीक्षा बैठक में उन्होंने ये बात कही उन्होंने श्रम अधिकारियों से बाल मजदूर के मामले से सख्ती से निपटने का निर्देश दिया अपर सुबनसिरी जिले में कल एक भीषण आग दुर्घटना में चालीस घर जलने से पचास परिवार बेघर हो गए इस दुर्घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नही है इधर एक अन्य आग दुर्घटना में नाहरलगन में पंद्रह बैरेक जलकर नष्ट हो गए राजधानी क्षेत्र जिला प्रशासन द्वारा सभी तेईस पिड़ित परिवारो को तत्काल राहत के तहत ब्लेंकेट मेट्रस और बर्तन वितरित किया गया ऑल न्यीशी छात्र संघ ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से न्यीशी क्षेत्रों में नामांकित सभी नकली और अवैध मतदाताओं के नाम हटाने एवं रद्द करने का आग्रह किया है संघ के अनुसार इन क्षेत्रों के विभिन्न मतदान केंद्रों में नकली और अवैध मतदाताओं को नामांकित किया गया है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 आज का अधिकतम तापमान तीस दशमलव साथ डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान तेरह सेल्सियस रिकार्ड किया गया